इस वर्ष मार्च में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीबों वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे है हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सोलह हजार तीन सौ चौरान्नवे करोड रूपये की पहली किश्त किसानों को जारी की गई जिससे आठ करोड उन्नीस लाख किसान लाभान्वित हुए वहीं पहली किश्त के रूप में दस हजार करोड रूपये की राशि बीस करोड महिला जनधन खातों में जारी की गई जबकि दूसरी किश्त में दो हजार सात सौ पचासी करोड रूपये पांच करोड सत्तावन लाख महिला जनधन खातों में इस महीने जारी की गई है वहीं बुजुर्गों विघवा और दिव्यांगजनों को एक हजार चार सौ पांच करोड की राशि वितरित की गई है वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पांच करोड से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की गई है और चार करोड बयालीस लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त वितरित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार की संमावनाओं को चिन्हित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को प्रदेश के औद्योगिक विकास का आधार बताते हए कहा कि इन इकाइयों को हरसंमव सहायता उपलब्ध करायी जाए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ पूर्णवंदी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वृद्धि से जुड़े मामलों में तेजी से निर्णय लेने के भी निर्देश दिए मृख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नॉन कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन किया जाए उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर और उनमें तैनात कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीफोन के माध्यम से लोगों को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए राज्य में टेलीमेडिसिन व्यवस्था को सुदृढ किया गया है इसके साथ ही ई हॉस्पिटल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि संक्रमण का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है साथ ही प्रदेश सरकार ने लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है श्री योगी ने प्रदेशवासियों से इन दोनों ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप का लोकार्पण किया इस ऐप के माध्यम से लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कोविड नाइन्टीन से निपटने में भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है उन्होंने कहा कि हमारी पुरातन संस्कृति और आयूर्वेद में ऐसे अनेक तथ्यों का उल्लेख है जिनमें महामारी और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से लड़ने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कारगर है उन्होंने लोगों से इस ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया कुशीनगर जिले में कोरोना संक्रमण का आज एक और मामला सामने आया मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद के पटहेरवा थाना क्षेत्र के गांव बलुआ तकिया के एक युवक की जांच रिपोर्ट में कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हुई है युवक एक सप्ताह पूर्व कोलकाता से गांव आया था जिला प्रशासन ने गांव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया है जिले में कल कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिला था

पहली घटना जनपद के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव की है यहां एक घर पर आकाशीय बिजली गिरने से बावन वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी दूसरी घटना केरावत थाना क्षेत्र के गोलावार्ड में हुई यहां तेज हवा से सड़क किनारे एक घर का बारजा टूटकर गिर गया जिससे एक राहगीर की दबकर मृत्यु हो गयी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया तीसरी घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के देवचंदपुर गांव की है यहां आंधी में उड़कर गिरे छप्पर के नीचे दबने से एक युवती की मृत्यु हो गयी

बौद्व भिक्ष् संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश्वर ने बताया कि बुद्व पूर्णिमा पर कल होने वाले सभी धार्मिक आयोजन और समारोह भी स्थगित रहेंगे बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज बौद्ध भिक्षु अपने अपने बौद्ध विहारों में विशेष पूजा कर रहे हैं